इस अवसर पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डिजिटल इंडिया लोगों को अधिकार संपन्न बना रहा है महेंद्र सिंह सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि किसानों बागवानों सहित सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल और सिंचाई सुविधा प्रदान करवाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है मंडी जिले में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की भ्रांडी बाहल पिपली सड़क के भूमि पूजन अवसर पर कल उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर गांव को बेहतर सड़क सुविधा देने के लिए भी कार्य किया जा रहा है महेन्द्र सिंह ठाकर ने लोगों से बागवानी गतिविधियों को स्वरोजगार के तौर पर अपनाने का आग्रह भी किया

पहचान पत्र ऊना के अतिरिक्त उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने कहा है कि दिव्यांग व्यक्तियों को आधार नंबर की तर्ज पर यूनिवर्सल दिव्यांग पहचान पत्र जारी किए जा रहे हैं और पुराने पहचान पत्र अब मान्य नहीं होंगे

अरिंदम चौधरी ने कहा कि यूनिवर्सल दिव्यांग पहचान पत्र बनाने के लिए जिले में अनेक स्थानों पर कैंप लगाए जा रहे हैं अवार्ड चंबा जिले में पांगी विकास खंड की धरवास पंचायत को मनरेगा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

पंजाब केसरी ने हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लागू करवाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हिमाचल दस्तक का शीर्षक है सभी जिलों में वृद्वाश्रम खोलने पर रिपोर्ट तलब दिव्य हिमाचल के शब्द हैं वृद्ध आश्रम खोलने पर क्या कर रही सरकार

आपका फैसला ने मुख्यमंत्री के बयान को सुर्खी दी है ऐतिहासिक होगी सरकार की रैली बर्फ में फंसे दो लोगों की ठंड से मौत हिमखंड गिरने से राहगीर घायल अमर उजाला की एक खबर है दैनिक जागरण ने लिखा हैं बर्फ ने ली दो लोगों की जान

कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण पर पंजाब केसरी लिखता है भूमि अधिग्रहण संबंधी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर भेजने के निर्देश दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से खबर को शीर्षक दिया है पावंटा बड़ू साहिब बनेंगे गुरू गोबिंद सिंह ट्ररिज्म सर्किट कांगड़ा पेंटिंग मंडी कलम को स्कूली पाठयक्रम में शामिल करने की तैयारी शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है छठी से दसवीं कक्षा तक के लिए अलग अलग पुस्तकें तैयार करेगा शिक्षा बोर्ड